प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर चार सौ इक्यासी हुई

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमित एक और व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है आज पटना के एनएमसीएच में कैंसर से ग्रसित सीतामढ़ी जिले के एक रोगी की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि युवक का मुंबई स्थित टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूट में इलाज चल रहा था श्री कुमार ने बताया कि युवक अठाईस अप्रैल को मुम्बई से सीतामढ़ी वापस लौटा था और उसे तीस अप्रैल को एनएमसीएच में भर्ती किया गया था इधर कोविड उन्नीस के पंन्द्रह नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार सौ इक्यासी हो गयी है

अब राज्य के तीस जिले इस महामारी की चपेट में आ गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज नौ और कोरोना संक्रमित मरीजों को सवस्थ होने के बाद अस्पताल से छुटटी दे दी गई है स्वस्थ होने वालों में नालंदा और पटना के तीन तीन मुंगेर के दो तथा बक्सर के एक मरीज शामिल हैं अब तक एक सौ सात मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक पच्चीस हजार सात सौ चौबीस नमूनों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि बाहर से आये सत्तावन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है श्री कुमार ने बताया कि घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक छियासी लाख अठासी हजार घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है सर्वे के दौरान चार करोड़ अड़सठ लाख लोगों की जांच की गयी है जिनमें तीन हजार दो सौ पचहत्तर लोगों में सर्दी खांसी और ब्रुखार की शिकायत दर्ज की गई है प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक एक हजार सात सौ अठावन प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं एक हजार सात सौ बयालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है तिरपन हजार नौ सौ चौवालीस वाहन भी जब्त किये गये हैं अब तक बारह करोड़ रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है देश में कोविड उन्नीस मामलों की संख्या बढ़कर सैंतीस हजार सात सौ छिहत्तर हो गई है जबकि इस बीमारी से अब तक एक हजार दो सौ तेईस लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकडों में बताया गया है कि कोविड उन्नीस के इस समय छब्बीस हजार पांच सौ पैंतीस सक्रिय मामले हैं दस हजार अठारह लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है राजस्थान के नागौर जिला से बिहार के एक हजार एक सौ चौहत्तर मजदूरों को लेकर एक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी आज दोपहर बाद पटना के दानापुर स्टेशन पहुंची स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने स्टेशन पर श्रमिकों का स्वागत किया ट्रेन के पहुंचने से पहले दानापुर रेलवे स्टेशन को संक्रमण मुक्त किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गयी थी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच दानापुर के रेलवे स्कूल में कराने के बाद उन्हें संबंधित जिलों में बस से भेजा जा रहा है अपने घरों को जाने के लिए उत्सुक राजस्थान से पहुंचे मजदूरों ने केन्द्र राज्य और रेलवे के प्रति आभार भी प्रकट किया जिलाधिकारी ने बताया कि इन कामगारों को प्रखंडों में बने क्वारेंटीन सेन्टर में इक्कीस दिनों के लिए रखा जायगा क्वारेंटीन सेन्टर में कामगारों का कौशल सर्वेक्षण भी किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण अलग अलग जगहों पर फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों को वापस लाने में सहयोग के लिए केन्द्र सरकार रेल विभाग और राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से पटना के दानापुर के लिए आज शाम दो विशेष श्रमिक ट्रेन रवाना हो गयी है ये विशेष रेलगाड़ी चार मई को दानापुर पहुंचेगी इधर राजस्थान के कोटा से गया और बेगूसराय के लिए कल विशेष ट्रेनें चलायी जायेंगी इधर ओडिसा के नवरंगपुर में फंसे प्रदेश के छात्रों को वाहनों के जरिये पटना लाया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद और सूरत आन्द्र प्रदेश के विजयवाड़ा से भी ट्रेनें चलाने पर सहमति बन गयी है उन्होंने बताया कि दिल्ली कर्नाटक और महाराष्ट्र से विशेष ट्रेनों के परिचालन पर बातचीत चल रही है केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में चार मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में काम काज शुरू हो जाएगा श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है

लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं फेजिंग आउट कर रहे है और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनन्दिन एक्टिविटीज जो हैं रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई हैं समी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं एकदम शहरों के बीचोंबीच फैक्ट्रीज नहीं होती है तो वो आसपास होती है वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडीकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी तो वो दूसरा मुद्दा है कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं जहां वहां मजदूर वैसे भी कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज पर मजदूर वहीं रहते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करता है जिन पर वह पहले सहमति व्यक्त कर चुका होता है केन्द्र सरकार ने चार मई से लॉकडाउन की अवधि देशभर में दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है परंतु ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें दी जाएंगी

मुंगेर पटना रोहतास बक्सर और गया जिले रेड जोन में शामिल हैं नालंदा कैमूर सिवान गोपालगंज भोजपुर बेगूसराय औरंगाबाद मधुबनी पूर्वी चंपारण भागलपुर अरवल सारण नवादा लखीसराय बांका वैशाली दरभंगा जहानाबाद मधेपुरा और पूर्णिया ऑरेंज जोन में शामिल जिले हैं इनके अलावा शेष तेरह जिले ग्रीन जोन में हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि अब तक संक्रमण से मुक्त या पिछले इक्कीस दिनों में संक्रमण का कोई मामला न होने पर ही किसी जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा उन्होंने बताया कि अभी देश भर के एक सौ तीस जिलों को रेड जोन दो सौ चौरासी को ओरेंज जोन और तीन सौ उन्नीस को ग्रीन जोन में रखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि राज्य और जिला प्रशासन को रेड और ओरेंज जोन वाले जिलों में दिशा निर्देशों के पूरी तरह पालन पर ध्यान देना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके

वह केसेज और उनके कॉन्टेक्टस उनका जोग्रिफिक्ल डिस्पर्जन क्या है उसको एनालाइज किया जाए कोरोना योद्धाओं के साथ सेना की एकजूटता प्रदर्शित करने के लिए रविवार को सशस्त्र सेनाएं कईं गतिविधियां शुरू करेंगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बताया है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान श्रीनगर से तिरूवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाइ पास्ट करेंगे सेना और नौसेना के हेलिकॉप्टर उन अस्पतालों पर फूलों की वर्षा करेंगे जिनमें कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है पुलिस कर्मियों के असाधारण और साहसिक कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष पुलिस स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की घोषनाओं का स्वागत किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने राष्ट्र को हमेशा सुरक्षित रखा है और वैश्विक आपदा के समय में भी वे लोगों की मदद कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के निर्णय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है श्री शाह ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के इस निर्णय से हमारे चिकित्सकों स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों सुरक्षा और मीडिया कर्मियों का विश्वास बढ़ेगा केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही एम एस एम ई क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है श्री गड़करी ने आज नई दिल्ली में कहा कि राहत पैकेज की सिफारिश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है इस पैकेज की घोषणा शीघ्र होने की संभावना है केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में पांच सौ रुपये की दूसरी किस्त बैंकों को जारी कर दी है इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग बीस करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी नागर विमानन महानिदेशालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि को देखते हुये सभी नियमित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर जारी प्रतिबंध को सत्रह मई तक बढ़ा दिया है महानिदेशालय ने कहा है कि इस फैसले में होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी लोगों को समय रहते दी जाएगी ताकि वे सेवाएं बहाल होने पर अपने टिकट बुक कर सके बिहार के लोगों ने केन्द्र की तरफ से मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को गलत बताया है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर चार सौ इक्यासी हुई